राजभवन में कल एनसीसी के पहली अरुणाचल प्रदेश बटालियन के अधिकारियों और कैडेटों के साथ बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि एनसीसी युवा छात्रो के बीच राष्ट्रवाद देशभक्ति और राष्ट्र की भावना को बढ़ाता है श्री मिश्रा ने कहा कि राज्य में एक अनुशासित मानव संसाधन विकसित करने हेतू और अधिक से अधिक एनसीसी इकाइयां होनी चाहिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई फाँर्मसी द्वारा दवाओ की बिक्री पर नियमों का मसौदा जारी किया है जिसका उद्देश्य देश भर में दवाओ की आँनलाइन बिक्री को नियंत्रित करना और प्रमाणिक आँनलाइन पोर्टल से मरीजों को वास्तविक और उचित दवा उपलब्ध कराना है ई फार्मसी द्वारा दवाओ की बिक्री पर बनाए गए नियमों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना पंजीकरण कराए दवाओ की बिक्री उसका स्टाँक उसे प्रदर्शित करने या उसे बेचने की पेशकश नही कर सकता मसौदे की अधिसूचना में कहा गया है जो कोई भी ई फार्मसी व्यापार करना चाहता है उसे केंद्र सरकार के पास फाँर्म अठ्ठारह ए ए के जरिए केंद्रीय लाईसेंसिंग प्राधिकरण से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा मसौदे के मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए भारत के औषधि महा नियंत्रक ईश्वर रेड़डी ने कहा कि प्रस्तावित नियम देशभर में लोगो को दवा सुलभ किया जाना सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए है आदि समुदाय का कृषि आधारित त्योहार शलोंग कल राज्य भर में पारमपरिक हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया ईटानगर में उत्सव में भाग लेते हुए उपमुख्यमंत्री चाऊना मेन ने राज्य के लोगो को अपनी समृद्ध संस्कृतियाँ भाषाओ और साहित्य को संरक्षित रखने पर जोर दिया उन्होने कहा कि सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में स्थानीय लोगो की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि आदि समुदाय लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाजों में से एक है इस्ट सियांग जिले के न्गोरलोंग गांव में सलोंग उत्सव में भाग लेते हुए सांसद निनाँन्ग एरिंग ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यो के जनजातीय समूहों की सांस्कृतिक विरासत और विविधता को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए कदम उठाए है

इस्ट सियांग जिला उपायुक्त तामीओ ताटाक ने कहा कि जिला मुख्यालय पासीघाट में सियांग नदी का जल स्तर सामान्य है हालाकि वहां उच्च ज्वार थे अपर सियांग जिले में ट्यूटिंग के अधिकारिक सूत्रो ने यह भी कहा कि नदी का जल स्तर धीरे धीरे घट रहा है ऊपरी सुबनसिरी जिला उपायुक्त दानिश अशरफ ने कहा कि शिक्षको की उपस्थिति की निगरानी के लिए ऊपरी सुबनसिरी जिले के सभी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में बाँयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरु की जाएगी उन्होने कहा कि स्क्रलों में बाँयोमीट्रिक उपकरणों को स्थापित करने का निर्णय शिक्षको द्वारा अनुपस्थिति की कई शिकायतों मिलने और द्ररदराज एवं सीमावर्ती इलाको के विभिन्न स्कूलो के खराब प्रदर्शन के बाद लिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के आकड़ो के अनुसार वर्ष दो हजार सत्रह में दक्षिण एशिया में आए अंतराष्ट्रीय पर्यटको में सबसे अधिक संख्या भारत आये पर्यटको की थी संगठन के अनुसार पर्यटको की संख्या में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण भारत में परिस्थितियो का बेहतर होना और वींजा प्रक्रिया का सरल होना था पिछले वर्ष डेढ़ करोड़ से ज्यादा पर्यटक भारत आए इनमें यूरोप औप अफ्रीका से आए पर्यटको की संख्या सबसे जायादा थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायद्र ने जन्माष्टमी की पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि भगवान क्रष्ण के जीवन एवं उपदेशों में एक सार्वभौमिक संदेश है निष्काम कर्म का संदेश भगवान कृष्ण ने अपने संदेश में बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करते रहने का उपदेश दिया है ईश्वर करे यह त्यौहार हमें विचारो शब्दों एवं कार्यो में सद्गुणो और नेकी के रास्ते का अनुसरण करने को प्रेरित करे इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जन्माष्टमी की अवसर पर राज्यवासियों को बधाई दी है